लोगों के कल्याण के लिए वैश्विक शिखर सम्मेलन बुलाने का किया आहवान

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रदेश के तीन दिवसीय अपने दौरे के पहले दिन आज दोपहर वाराणसी पहुंचे वाराणसी पहुंचने के बाद राष्ट्रपति ने सपरिवार काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की इसके बाद राष्ट्रपति दशाश्वमेध घाट पर विश्व प्रसिद्ध मां गंगा आरती में शामिल हुए राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे इस अवसर पर दशाश्वमेध घाट को फूल मालाआ और दीपों से बेहतरीन ढंग से सजाया गया है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट जैसे ही दशाश्वमेध घाट पर आरती के दीप जले पूरा वातावरण हर हर महादेव ओर वैदिक मंत्रोच्चारण से ग्रंज उठा यह पहली बार है जब देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम विश्व प्रसिद्ध मां गंगा आरती में शामिल हुए

दशाश्वमेध घाट को फूलों मालाओं और दीपों से बेहतरीन ढंग से सजाया और संवारा गया है यहां विहंगम अलौकिक दृश्य शब्दों में अवर्णनीय है प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस आध्यात्मिक संध्या के साक्षी बने

इससे पूर्व आज दोपहर वाराणसी पहुंचने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई अड़डे पर शाल और फूल भेंट कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया राष्ट्रपति अपने दारे के दौरान वाराणसी के अलावा सोनभद्र और मिर्जापुर ज़िले में भी कई कार्यकमों में भाग लेंगे राष्ट्रपति कल सोनभद्र के चपकी में वनवासी समागम कार्यक्रम में शामिल होंगे और सेवाक्रंज आश्रम में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम में सेवा समर्पण संस्थान के नवनिर्मित स्कूल और छात्रावास का लोकार्पण करेंगे राष्ट्रपति कल मिर्जापुर जिले में मां विंध्यवासिनी देवी की पूजा अर्चना भी करेंगे सोमवार को राष्ट्रपति मीडिया हाऊस जागरण फोरम द्वारा आयोजित गंगा पर्यावरण और भारतीय संस्कृति पर आयोजित एक कार्यक्रम के उदघाटन सत्र समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर कार्यकम स्थलों के आस पास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आयुर्वेद जगत को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है कल शाम वैश्विक आयूर्वेद समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोगों को आयुर्वेद का लाभ और रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का महत्व समझ आने लगा है प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में आयुर्वेद और परंपरागत औषधि को विश्वस्तर पर लोकप्रिय बनाने का सही समय है उन्होंने इस विषय पर वैश्विक सम्मेलन आयोजित करने का सुझाव दिया प्रधानमंत्री ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में वैश्विक परंपरागत औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है और विभिन्न देशों के छात्र आयुर्वेद और परंपरागत औषधियों के अध्ययन के लिए भारत आ रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष चिकित्सा पद्धति को बढावा देने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन आरंभ किया गया है श्री मोदी ने कहा कि आयुर्वेद मानव जीवन के कई पहलुओं पर केंद्रित है और इसे सही अर्थों में वृहद मानव विज्ञान कहा जा सकता है उन्होंने कहा कि पौधों से लेकर भोजन तक और शारीरिक शक्ति से लेकर मानसिक स्वास्थ्य तक आयुर्वेद और परंपरागत दवाओं का अद्भुत प्रभाव है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

सिद्वार्थनगर ज़िले में आज से तीन दिवसीय कपिलवस्तु महोत्सव शूरू हो गया है महोत्सव की थीम काला नमक चावल रखी गई है इस महोत्सव में प्रदेश सरकार के एक ज़िला एक उत्पाद योजना के तहत सिद्धार्थनगर जिले में उत्पादित किये जाने वाले काला नमक चावल के प्रचार प्रसार पर काफो बल दिया गया है मुख्यमंत्री यागी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से वीडियो कांफेंसिंग के माध्यम से कपिलवस्त महोत्सव का उद्घाटन किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि काला नमक चावल की खुशबू सिद्धार्थनगर से निकलकर देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंची है

मुझे प्रसन्नता है कि इस मामले में दिल्ली कोसा संस्थान के द्वारा भी और आचार्य नरेन्द्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या के द्वारा भी इस फील्ड में अच्छा काम किया गया है और आज तमाम कृषि विज्ञान केन्द्र भी काला नमक चावल के क्षेत्र में नए शोध को आगे बढ़ाते हुए कार्य कर रहे हैं

मुख्यमंत्री ने बताया कि ओडीओपी योजना के अंतर्गत सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल के भण्डारण के लिए छह करोड़ की लागत से वातानुकूलित भण्डारण केन्द्र बनने जा रहा है कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े भाजपा सांसद जगदम्बिकापाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काला नमक चावल को ओडीओपी योजना में शामिल करके इसे एक अन्तर्राष्ट्रीय पहचान दी है इससे किसानों की आय को दुगुना करने में मदद मिलेगी जगदम्बिकापाल बाइट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस काला नमक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान उसकी बांडिंग मार्केटिंग के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है हम सब उस दायित्व को निभाएंगे अब यह एग्रीकल्वर यूनिवर्सिटी अयोध्या या इंटरनेशनल राइस सेन्टर फैजाबाद वाराणसी कर रहा है

इस कपिलवस्तु महोत्सव का थीम ही काला नमक है और इसको हम एक इंटरनेशनल ब्रांड बना के किसानों की आय को दुगुना करेंगे

लखनऊ के लोकभवन में आयोजित इस कार्यकम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षो के कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने चार लाख यूवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की है उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को सरकारी पदों पर पारदर्शी तरीके से नियुक्ति देकर उनकी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ प्रदेश के विकास में किया जा रहा है उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले जाति क्षेत्र और मजहब के आधार पर निय्क्तियां दी जाती थीं लेकिन आज सभी चयन आयोगों के माध्यम से पारदर्शी तरीके से अभ्यर्थियों का चयन हो रहा है